मुख्यमंत्री ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया केंद्र के इस निर्णय को किसान हित में बताया केन्द्रीय कपड़ा राज्यमंत्री अजय टम्टा ने पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए खेती की नई तकनीकें ग्रामीणों तक पहुंचाने को कहा खेल मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने प्रदे में खेलों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने पर दिया जोर विभिन्न खेलों में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों की अधिक से अधिक भागेदारी सुनिर्चत करने को कहा

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने चौदह फसलों के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को किसानों से बातचीत में खरीफ फसल के लिए सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का आश्वासन दिया था धान खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है दक्षिण पश्चिम मानूसन के सक्रिय होने के साथ ही धान की रोपाई शुरू हो गई है आभार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की लागत का डेढ गुना करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने दिशा में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है

उन्होंने बताया कि राज्य को आर्गेनिक हर्बल स्टेट बनाने के लिए कार्ययोजना स्वीकृत की जा चुकी है उन्होंने यह भी बताया कि द्ग्ध संघों के माध्यम से द्ग्ध विकेताओं को भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है निर्देश प्रदेश के सभी विद्यालयों में बॉयो टॉयलेट लगाए जाएगे ये जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने राज्य के सभी विद्यालयों में पेयजल जलापूर्ति और शौचालयों की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं देहरादून में आयोजित शिक्षा विभाग की बैठक में श्री पाण्डेय ने कहा कि सभी विद्यालयों के नए बनने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाए ताकि राज्य सरकार की जल सरक्षण की पहल को मजबूती मिल सके सभी विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से उन्होंने स्कूलों में बिजली कनैक्शन उपलब्ध करवाने और उरेड़ा के सहयोग से सोलर पैनल लगवाने के भी निर्देश दिए मौसम राजधानी सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले तीन दिनों से रूक रूककर बारिश हो रही है इसके चलते तापमान में हल्की गिरावट आई है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सुहावना हो गया है मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी इससे पहले आज सुबह देहरादून सहित विभिन्न हिस्सों में सुबह के समय तेज बारिश हई जिसके बाद दिन के समय आसमान में बादल छाए रहे

समीक्षा राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मॉनसून की अवधि के दौरान अपने क्षेत्रों में ही रहने को कहा गया है मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना अनुमति अपने तैनाती स्थल से बाहर न जाए

उन्होंने जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराए गए सेटेलाइट फोन और वॉयरलेस सेट दूरस्थ तहसीलों में भेजने को कहा है समीक्षा के दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों में खाद्यान्न की उपलब्यता बिजली पानी आपूर्ति मार्गों की स्थिति संचार आदि की जानकारी ली सुधार राजकीय विद्यालयों में मासिक परीक्षा संचालित किए जाने से शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है हर महीने विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बेहतर हो रहा है विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन का ब्लॉक स्तर पर विषयवार निरन्तर विश्लेषण किया जा रहा है इन परीक्षाओं के परिणाम राज्य स्तर पर मॉनिटर किए जा रहे हैं देहरादून में आयोजित शिक्षा विभाग की बैठक में ये जानकारी दी गई

श्री टम्टा ने कहा कि हिमालयन पर्यावरण संस्थान की तर्ज पर इस संस्थान को प्रे विश्व में नई पहचान दिलाये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि संस्थान ने छोटे छोटे उपकरणों को बनाकर कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किये हैं जिसका लाभ काश्तकारों को मिला है इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि संस्थान किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है उन्होंने खेती करने के लिए किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने पर जोर दिया जिससे किसानों को उनकी उपज का लाभ मिल सके

उन्होंने विभिन्न खेलों में राज्य के द्रस्थ क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों की अधिक से अधिक भागेदारी सुनिश्चित करने को कहा है

खेल प्रतियोगिताओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए श्री पाण्डेय ने इनके माध्यम से विभिन्न वर्गों में खिलाड़ियों का चयन कर उनका पंजीकरण करने को कहा उन्होंने चयनित खिलाड़ियों को दिये जाने वाली पुरस्कार की राशि को दोगुना करने के भी निर्देश दिये

रेटिंग एजेंसी इक्रा और केयर के साथ मिलकर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारातैयार की गई सूची में गुजरात की तीन बिजली वितरण कंपनियों और राज्य की उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सबसे ऊंचा ए प्लस ग्रेड मिला है एक समाचार एजेंसी के अनुसार बिजली मंत्री आर के सिंह ने शिमला में आयोजित सम्मेलन में राज्य बिजली वितरण कंपनियों की छठी सालाना एकीकृत रेटिंग जारी की बिजली वितरण कंपनियों को मिली यह रैंकिंग उच्च परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन क्षमता का संकेत देती है अतिक्रमण हटाओ अभियान राजधानी देहरादून में नैनीताल उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तय समय पर अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी करने के लिए प्रशासन अब बाकि जिलों से भी अतिक्रमण हटाने के लिए टीम को बुला सकता है अतिक्रमण हटाओं अभियान के नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि देहरादून के अलावा हरिद्वार और पौड़ी ऊधमसिंह नगर से पर्याप्त मात्रा में पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेटों की मांग की गयी है गौरतलब है कि राजधानी देहरादून में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ जमकर अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के प्रथम चरण में राजधानी को चार जोन में बांटकर अतिक्रमण के खिलाफ करवाई की जा रही है संक्षिप्त समाचार केंद्र सरकार की संसदीय समिति के सदस्य उत्तराखड़ दौरे पर हैं कल यह समिति दून मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेगी

विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चन्द अग्रवाल ने आज अल्मोड़ा में स्थानीय लोगों के साथ जिले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और जिले के विकास को लेकर विभिन्न मुददों पर विचार विमर्ण किया

बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को हुई दुर्घटना में लापता दो युवकों का आज चौथे दिन भी कोई पता नहीं चल पाया है युवकों की खोज के लिए सर्च ऑपरे न जारी है और दूरबीन के जरिये से भी खोजबीन की जा रही है उत्तरका ी जिले की भटवाड़ी तहसील के गंगोरी नाल्ड मोटर मार्ग पर एक कार के खाई में गिरने से उसमें सवार एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है